कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से प्रदेश के दौरे पर चित्रकुट से करेंगे संकल्प यात्रा की शुरूआत प्रदेश को मिली एक और नई ट्रेन सुमित्रा महाजन आज दिखायेंगी हरी झंडी

इससे पहले कल उज्जैन जिले के तराना में नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देश्यीय उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया

इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि अगले पांच साल में प्रदेश को समृद्ध और आदर्श राज्य बनाएगे उन्होंने कहा कि अब नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय उद्वहन सिंचाई परियोजना द्वारा किसानों के खेतों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया जाएगा नर्मदा गंभीर कालीसिंध पार्वती नदियों को जोड़ा जा रहा है इस दौरान मक्सी को तहसील बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में परीक्षण कर कार्रवाई करेंगे

उन्होंने सवा चार लाख रुपए से अधिक की लोगत के डोगरा गुर्जर तालाब का शिलान्यास सहित कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया राहुल गांधी दौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से सतना के चित्रकूट से संकल्प यात्रा की शुरूआत करेंगे राहुल गांधी सतना और रीवा के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे वे जिलों में जनसभाए और रोड शो करेंगे श्री गांधी चित्रकूट में कामतानाथ स्वामी के दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता शामिल होंगे श्री गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किये गये हैं व्यापम व्यापम घोटाले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रशांत पाण्डे पर न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये हैं सभी पर न्यायालय को गुमराह करने और झूठे दस्तावेज पेश करने का आरोप है जिला न्यायालय ने भोपाल की श्यामला हिल्स थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता संतोष शर्मा ने इन नेताओं पर न्यायालय को गुमराह और झूठे दस्तावेज पेश करने का परिवाद लगाया था

राजेन्द्र शुक्ल उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री शरद जैन ने रीवा में गांधी स्मृति अस्पताल के पुनरूद्वार परियोजना का कल शिलान्यास किया श्री शुक्ल ने कहा कि गरीबों और आमजनों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य शासन की पहली प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि राज्य शासन विन्ध्यवासियों को समग्र रूप से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है

प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि पुलिस पीड़ित लोगों को तभी न्याय दिलवा पायेगी जब वह नये कानूनों से अपडेट रहेगी श्री गुप्ता मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी मौरी में इंटलेक्वुअल प्रापर्टी राईट विषय पर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे श्री गुप्ता ने कहा कि प्रापर्टी संबंधी केस की तुलना में इंटलेक्वूअल प्रापर्टी के केस हल करना केठिन है वहीं पुलिस अकादमी के निदेशक सुशोभन बनर्जी ने बताया कि ट्रेनिंग में मध्यप्रदेश बिहार उत्तरप्रदेश झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल हैं यहाँ से ट्रेनिंग के बाद अधिकारी अपने अपने प्रदेश में ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे संयुक्त पुलिस पेट्रोलिंग प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान से एक सप्ताह पहले मुरैना भिंड ओर श्योपुर जिले से लगे सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं सील किये जाने ओर दोनों राज्यों की सीमाओं पर पुलिस चौकियां स्थापित कर संयुक्त पुलिस पेट्रोलिंग का निर्णय लिया गया यह निर्णय चुनाव आयोग के निर्देश पर मुरैना मे चंबल संभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में अन्तर्राजीय सीमा समन्वय की बैठक में लिया गया

इसके साथ ही इन्दौर से धार तक डाली गई रेलवे लाइन के बीच तीन किलोमीटर की टनल और महू में बनाई गई रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया जायेगा

ये संगोष्ठियां शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की जाएगी इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने निर्देश जारी कर दिये हैं

यूनेस्को द्वारा इस साल शिक्षक दिवस के लिए द राइट दू एजुकेशन मीन्स राइट दू अ क्वालिफाइड टीचर थीम निर्धारित की गई है इसी थीम पर केन्द्रित शैक्षिक संगोष्ठियाँ करने के लिए कहा गया हैं मतदाता जागरूकता मुरैना जिला में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मतदाताओं में जागरुकता लाने के ॅलिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ॅआने वाले दिनों मेँ भी जिले में कई जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

भविष्य में मास्टर प्लान में नर्सिंग होम के लिये रिहायशी क्षेत्रों में जगह सुरक्षित रखने के संबंध में प्रावधान किये जायेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने निवास पर चिकित्सकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की

श्री नायडू यहाँ मेला स्थित फैसिलिटेशन सेंटर में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में डिजिटल क्लासरूम का उदघाटन करेंगे